उन्होंने कहा कि इस बार मेले में लोग अक्षय वट के दर्शन भी कर पायेंगे प्रधानमंत्री ने मेले में पहुंचने वाले लोगों से सोशल मीडिया पर तसवीरें साझा करने का आग्रह किया

तीन तलाक संबंधी विधेयक को लोकसभा में पारित कराने के बाद सरकार कल इसे राज्यसभा में पेश करेगी राज्यसभा की कार्यसुची में इसे सुचीबद्ध किया गया है

राज्यसभा में सत्ता पक्ष का बहुमत न होने के कारण इस विधेयक के पारित होने में अड़चनें आ सकती हैं लेकिन सरकार सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श कर इसे पारित कराने का प्रयास कर रही है विपक्ष ने लोकसभा में चर्चा के दौरान इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की पुरजोर मांग की थी और राज्यसभा में भी वह इस मुद्दे को उठायेगा विपक्षी दलों ने इस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए कल ही बैठक बुलायी है श्री प्रसाद ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आशा व्यक्त की थी कि इस विधेयक को पारित करने में राज्यसभा में सरकार को सभी दलों का समर्थन मिलेगा इन सभी हालात को देखते हए इस विधेयक को पारित कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित होने की संभावना है केन्द्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह हर ग्राम पंचायत में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन में पूरा सहयोग देगी पर्यावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्री डॉ हर्षवर्द्वन कल जैव विविधता लक्ष्यों पर देश की प्रगति से सम्बन्धित रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र को सौंपने के अवसर पर बोल रहे थे

यह जानकारी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में बुनकरों और हस्तशिल्पियों को संबोधित करते हुए दी

केन्द्र सरकार आने वाले साल में नई गोल्ड पॉलिसी ला रही है नीति आयोग ने इस पॉलिसी का मसौदा तैयार कर सरकार को भेज दिया है इसके तहत सरकार सोने को सम्पत्ति घोषित कर सकती है सम्पत्ति घोषित होने के बाद इसे खरीदने के लिए बैंक से ऋण भी मिल सकता है मसौदे के अनुसार आम आदमी गोल्ड सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकता है इसके लिए वह अपने पास मौजूद सोने के सिक्कों और बिस्किट को बैंक में रख सकेगा हालांकि इसमें आभूषण शामिल नहीं होंगे इन पर सोने की मौजूदा कीमत पर ब्याज भी मिलेगा मसौदे में देशभर में सोने का एक ही भाव रखने की सिफारिश भी की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल रात मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य में स्वाइन फ्लु की स्थिति और रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की

वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र सिंह सिंघवी राज्य के नये महाधिवक्ता होंगे

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की दसवीं और बारहवीं का परीक्षा परिणाम कल जारी किया जाएगा

पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में है कोहरे के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है इस बार प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है इधर आज सीकर जिले के फतेहपुर क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है

कड़ाके की सर्दी के चलते फसल खराबे की संभावना है